विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया

मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करते हुए दी जानकारी सरकार ने विदेशी उडानों से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की

किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी देने के लिए आईआईटी रूड़की में एक मोबाइल एप लांच की गई बजट राज्य विधानसभा में आज तिरपन हजार पांच सौ छब्बीस दशमलव नौ सात करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया गया यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष से करीब दस प्रतिशत ज्यादा है

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति अपना रही है और इसी दिशा में राज्य सरकार ने अपनी बयासी सेवाएं ई डिस्ट्रिकट पोर्टल पर उपलब्ध करवाई हैं उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही सौ अन्य सेवांये भी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जांएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है किसानों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्वता दर्शाते हुए श्री रावत ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से खाद्यान्न संग्रहित किया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बजट को निराशाजनक बताते हुए इस जनभावनाओं के विपरीत बताया है

उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रही कर्ज लेने की गति पर नियंत्रण के लिए कोई पहल नहीं की गई है पंजीकरण राज्य में बीते तीन वर्षो में कुल तीस लाख दो हजार छह सौ निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज भराड़ीसैंण में आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करते हए यह जानकारी दी

राज्य में दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है साथ ही वन क्षेत्र आवरण में दशमलव चार प्रतिशत बढ़ा है जबकि कृषि और खनन में प्रगति दर शून्य है श्री रावत ने बताया कि राज्य की कृषि भूमि में कमी आई लेकिन उत्पादकता में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई

वहीं केंद्रीय करों में राज्य को तेईस हजार छह सौ बासठ करोड़ रुपए मिलने बाकी हैं राज्य में बयासी दशमलव सात दो प्रतिशत बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है

आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोट जारी रिर्पोट में यह भी बताया गया कि पिछले वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रदेश में महंगाई दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा रही डिजीटलाइजेशन के क्षेत्र में प्रदेश ने बेहतर काम किया और राज्य के पिचानब्बे प्रतिशत राशन कार्ड आधार से लिंक किये गए आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोट में बताया गया है कि एक लाख ग्यारह हजार दो सौ इक्कीस लोगों को रोजगार मिला है नमामि गंगे परियोजना के लिए तीन सौ सतासी करोड़ रुपए जारी किये गये

श्रद्वांजलि प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता नायक दरबान सिंह नेगी के जन्म दिवस पर आज भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ब्रिटेन के किंग जॉर्ज ने स्वयं रणभूमि में जाकर दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक परिवहन मंत्री यशपाल आर्य सहित अनेक विधायक उपस्थित रहे

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे इस संक्रमण के मरीजों को अलग से रखने की सुविधा सुनिश्चित करें स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक विभिन्न हवाई अड्डों पर करीब पांच लाख नवासी हजार यात्रियों की जांच की गई है

सरकार ने लोगों को कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में जोड़ने की सलाह दी है जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है सरकार ने लोगों को स्वच्छता अपनाने की सलाह दी है और बार बार हाथों को साबुन से धोने को कहा है

सरकार ने सलाह दी है कि यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार की शिकायत है तो वह लोगों से ज्यादा नजदीकी न बनाये एप लांच किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी देने के लिए आज आईआईटी रूड़की में आयोजित कार्यक्रम में एक मोबाइल एप को लांच किया गया इस मौके पर मौसम विभाग के उप महानिदेशक आनंद शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में मौसम के चक्र में लगातार बदलाव हो रहा है ऐसे में किसानों को मौसम से संबंधित सभी पूर्वानुमानों की जानकारी मिलते रहना जरूरी है ताकि वे अपनी फसल का सही ध्यान रख सकें

अपनी लगन और कार्यक्षमता के बल पर आज महिलाओं ने समाज में अपने लिए एक नया स्थान बनाया है नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्र प्युड़ा की माया बिष्ट भी उन ही महिलाओं में है जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने क्षेत्र की महिलाओं का स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया श्रीमती माया बताती हैं कि उन्होंने महिलाओं का रोजगार से जोड़ने के लिए मंडुए की नमकीन बनाना शुरू किया लेकिन यह प्रयोग सफल नही हो सका उन्होंने हार नहीं मानी और गांव की एक संस्था के साथ जड़ी बूटी और फलों से ऑर्गेनिक साबुन बनाने के बारे में सोचा और फिर गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़कर साबुन बनाने का प्रशिक्षण लिया

विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया

मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करते हुए दी जानकारी